केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने इस विधेयक पेश को करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है इसलिए भारतीय संसद राज्य के बारे में कानून बनाने में सक्षम है इस संबंध में नियमों का उल्लंघन किये जाने के कांग्रेस के आरोपों का उत्तर देते हुए श्री शाह ने कहा कि कांग्रेस को आरोप लगाना बंद करना चाहिए और जम्मू कश्मीर को लेकर अपना खैया स्पष्ट कर देना चाहिए कुछ सदस्यों के शंकाओं के जवाब में गृहमंत्री ने कहा कि वे जब भी जम्मू कश्मीर का जिक्र करते हैं तो इसमें पाक अधिकृत कश्मीर और अक्साइ चिन समेत पूरा कश्मीर शामिल होता है कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने सरकार पर अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है और कहा है कि सरकार ने जम्मू कश्मीर को तोड़ने का काम किया है उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय एकता की भावना को बढ़ाने के लिए जम्मू कश्मीर को तोड़ा नहीं जाना चाहिए उन्होंने एक ट्वीट संदेश में कहा कि राष्ट्र इसके लोगों से बनता है न कि जमीन के टुकड़े से गौरतलब है कि संसद में पेश विधेयक में जम्मू कश्मीर और लद्दाख को दो अलग अलग केन्द्र शासित प्रदेश बनाने का प्रावधान किया गया है जिसमें केवल जम्मू कश्मीर की अपनी विधानसभा होगी मंत्रिपरिषद बैठक प्रदेश भर में डॉक्टरों के खाली पदों को भरने के लिए सेवानिवृत्त विशेषज्ञों और डॉक्टरों की संविदा पर नियुक्ति की जाएगी मुख्यमंत्री कमलनाथ की अध्यक्षता में भोपाल में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में इसका फैसला किया गया यह नियुक्ति पहले एक साल और फिर दूसरे साल के लिए बढ़ा दी जाएगी प्रदेश में इस श्रेणी के सैंकड़ों पद खाली हैं जो अब संविदा पर भरे जाएंगे इसके अलावा बैठक में विधायकों के लिए लैपटॉप के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई

स्वास्थ्य मंत्री तुलसी सिलावट और जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि छिंदवाड़ा में उद्यानिकी कॉलेज की स्थापना को भी मंजूरी दी गई है ये कॉलेज जबलपुर कृषि विश्वविद्यालय के अधीन आएगा वहीं शराब दुकानें और अहाते खोलने का प्रस्ताव फिलहाल टल गया है बैठक में मुख्यमंत्री के ओएसडी प्रवीण कक्कड़ और राजेन्द्र मिगलानी के कार्यकाल को आगे बढ़ाने के प्रस्ताव को ही मंजूर किया गया

मध्यप्रदेश ट्ररिज्म बोर्ड द्वारा आयोजित की जा रही यह परीक्षा दो चरणों में होगी

उन्होंने कहा कि मिलावटखोरों के विरूद्व कार्रवाई में ढ़िलाई को बर्दाश्त नहीं किया जायेगा

उन्होंने आश्वस्त किया कि सूचना देने वालों का नाम पूरी तरह गुप्त रखा जाएगा

उन्होंने कहा कि निर्दोष और ईमानदार व्यापारी परेशान नहीं हों लेकिन दोषी छूटे भी नहीं

मौसम प्रदेश के ज्यादातर जिलों लगातार बारिश का दौर जारी है राजधानी भोपाल में आज सुबह हुई झमाझम बारिश से लोगों को उमस से राहत मिली